मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने को कहा

राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह आज से प्रदेश में बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व आज से सैलानियों के लिए खुलेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज प्रदेश में आयोजित किये जायेंगे कई कार्यक्रम

ये आज से लागू हो रहे हैं इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों यानी कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से पूर्व परामर्श के बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू न किया जाए राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

बाजारों और समारोहों में सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना होगा

आचार संहिता राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने सभी राजनीतिक दलोंसे चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है

जिसके सभी प्रावधान संबंधित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों तथा राजनीतिक दलों उनके उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होंगे

गांधी प्रदर्शनी महात्मा गाँधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गाँधी और उनके जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी आज से शुरू होगी प्रदर्शनी में महात्मा गाँधी के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान विषय पर दर्लभ अभिलेखों एवं छायाचित्रों को समाहित किया गया है

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालो का आंकड़ा एक लाख से अधिक हो गया है

भाजपा तैयारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है

कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे

प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल भोपाल स्थित वन विहार में इसकी शुरूआत करेंगे वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी प्रदेश में आज से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिये खोले जा रहे है बांधवगढ उदयान प्रबंधन ने कोरोना के दिषानिर्देषों को देखते हुए सभी प्रबंध किये हैं

क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि हिनौता और मंडला गेट सैलानियों के लिए खोले जायेंगे गेट पर मास्क और सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है

प्रादेशिक समाचार समय आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले दोपहर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया जा रहा है

वहीं आज से ही हमारे नियमित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण पुनः शुरू हो रहा है

वुद्धजन दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे खासतौर पर वृद्धाश्रमों में अनेक कार्यक्रम रखे गये हैं

उमरिया में वृद्धों के स्वास्थ परीक्षण के साथ ही उनके लिए खेल प्रतियोगिताएं कराई जायेंगी इस अवसर पर सम्मान समारोह भी आयोजित होगा

आज अबुधाबी में किंग्स एलेवन पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से होगा अब कुछ समाचार संक्षेप में कांग्रेस पार्टी कल गांधी जयंती पर भोपाल जन कल्याण पदयात्रा निकालेगी जो गांधी जी के प्रिय भजनों के साथ शुरू होगी और शाम को मिंटो हाल परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर सम्पन्न होगी नरसिंहपुर जिले में कोरोना की रोकथाम के संबंध में कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हई जिसमें सांसद कैलाश सोनी और राव उदय प्रताप सिंह के साथ ही विधायक जालम सिंह पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया

शिवपुरी जिले के पोहर और करेरा में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए होटल लॉज प्रबंधन को आगन्तुकों की जानकारी प्रशासन को देने को कहा गया है